नये विधानसभा अध्यक्ष का आज होगा चूनाव

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

उन्होंने कहा कि सरकार वैक्सीन तैयार करने के बारे में वैश्विक विनियामकों अन्य देशों की सरकारों बहुपक्षीय संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय कम्पनियों के साथ ही भारतीय कम्पनियों और निर्माताओं के सम्पर्क में है श्री मोदी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन मिले यह सुनिश्चित करने को प्राथमिकता दी जाएगी बाईट कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई में हमने शुरुआत से ही एक एक देशवासी का जीवन बचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है अब वैक्सीन आने के बाद भी हमारी प्राथमिकता यही होगी कि सभी तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचे लेकिन कोरोना की वैक्सीन से जुड़ा भारत का अभियान अपने हर नागरिक के लिए एक प्रकार से नेशनल कमिटमेंट की तरह है इतना बड़ा टीकाकरण अभियान ैउववजी हो ैलेजमउंजपब हो और ैनेजंपदमक हो ये लंबा चलने वाला है इसके लिए हम सभी को हर सरकार को हर संगठन को एकजुट हो करके बववतकपदंजपवद के साथ एक टीम के रूप में काम करना ही पडेगा प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के दौरान यह बात कही यह बैठक कोविड से निपटने और प्रबंधन की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा के लिए आयोजित की गई थी बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों के साथ परामर्श से टीकाकरण की प्राथमिकता का फैसला किया जा रहा है बाईट भारत जो भी वैक्सीन अपने नागरिकों को देगा वो हर वैज्ञानिक कसौटी पर खरी होगी वैक्सीन प्राथमिकता के आधार पर किसे लगाई जाएगी ये निर्णय तो हम सब मिलकर के ही करेंगे हर राज्यों के सुझाव का महत्व इसमें बहत रहेगा हमें कितने अतिरिक्त कोल्ड चेन स्टोरेज की जरूरत रहेगी कहां कहां ये संभव होगा उसके पैरामीटर्स क्या होंगे

प्रधानमंत्री ने कहा कि अतीत के अनुभवों से हमने सीखा है कि वैक्सीन के बारे में कई तरह की भ्रांतियां और अफवाहें फैलाई जाती हैं उन्होंने कहा कि कोविड वैक्सीन के दुष्प्रभावों के बारे में भी अफवाहें फैलाई जा सकती हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने सामूहिक प्रयासों के जरिए महामारी का सामना किया है श्री मोदी ने कहा कि भारत में कोविड से स्वस्थ होने की दर और मृत्यु दर तथा समग्र स्थिति विश्व के अन्य ज्यादातर देशों से बेहतर है बाईट हम सभी के अथक प्रयासों से देश में टेस्टिंग से लेकर ट्रीटमेंट का एक बहत बडा नेटवर्क आज काम कर रहा है इस नेटवर्क का लगातार विस्तार भी किया जा रहा है पीएम केयर्स के माध्यम से ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स उपलब्ध कराने पर भी विशेष जोर है कोशिश ये है कि देश के मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों को ऑक्सीजन जनरेशन के मामले में ैमसिनिपिबपमदज बनाया जाए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

बाईट सभी को शासन प्रशासन को पहले से भी अधिक जागरूक अधिक सतर्क रहने की जरूरत है हमें ट्रांसमिशन को कम करने के लिए अपने प्रयासों और जरा और गति देनी होगी टेस्टिंग हो कन्फर्मेशन कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग और डेटा से जुड़ी किसी भी तरह की कमी को हमें सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उसको ठीक करना होगा

हम राज्य के स्केल पर चर्चा करने के बजाय जितनी सवबंसप्रम चर्चा करेंगे शायद हम ंककतमे जल्दी कर पाएंगे प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने वालों की दर संतानवे दशमलव तीन शून्य प्रतिशत हो गयी है अभी कुल पांच हजार सोलह सक्रिय मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है स्वास्थ्य विभाग की ओर से कल जारी किये गये आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में कोविड उन्नीस के छह सौ तिरपन नये मामले सामने आये हैं सबसे अधिक एक सौ चौरानवे नये मामलों की पूष्टि पटना जिले में हुई है वहीं बेगूसराय में अड़तीस सारण और सुपौल में तीस तीस जबकि पूर्णिया में चौबीस मामले सामने आये हैं राज्य के अन्य जिलों से भी कोविड पॉजिटिव मरीज मिले हैं प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए प्रयास तेज कर दिये हैं राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि वर्तमान में कोरोना की दूसरी लहर का असर नहीं है लेकिन सरकार इससे बचाव के लिए कई कदम उठा रही है मख्य सचिव ने कहा कि पांच सौ तैंतीस स्वास्थ्य टीमों को पूरे प्रदेश में सक्रिय किया गया है कोरोना टेस्ट के लिए बस ऑटो स्टैंड और बाजारों के साथ रेलवे स्टेशनों पर स्थान निर्धारित किये गये हैं उन्होंने कहा कि सिविल सर्जनों को निर्देश दिया गया है कि आशा कार्यकर्ताओं की मदद से ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमितों और उनके सम्पर्क में आये लोगों की पहचान की जाए वहीं पटना जिले की सिविल सर्जन डॉक्टर बीना कुमार सिंह ने कहा है कि जिस घर में कोरोना मरीज मिलेगा उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया जायेगा गौरतलब है कि देश के अन्य राज्यों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुये प्रदेश में पन्द्रह दिन का हाई अलर्ट जारी किया गया है सत्रहवीं विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए आज चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी के विजय कुमार सिन्हा एनडीए की ओर से और राष्ट्रीय जनता दल के अवध बिहारी चौधरी ने महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र भरा है विधानसभा में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के पास एक सौ पच्चीस सीटें हैं जिसमें भाजपा के चौहत्तर सदस्य शामिल हैं एकमात्र निर्दलीय विधायक सुमित सिंह ने भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का समर्थन किया है दूसरी ओर पचहत्तर सदस्यों के साथ राष्ट्रीय जनता दल विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है जिसने विपक्ष के महागठबंधन का नेतृत्व किया है और इसे एक सौ दस सीटें मिली हैं अन्य दलों को सात सीटें मिली हैं जिनमें एआईएमआईएम के पांच लोक जनशक्ति पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के एक एक सदस्य शामिल हैं गौरतलब है कि राज्य के संसदीय इतिहास में इक्यावन साल बाद अध्यक्ष पद के लिए मतदान की सम्भावना बनी है विधानसभा के पहले सत्र के दौरान चार विधायकों को छोड़कर दो सौ उनतालीस विधायकों ने सदन की सदस्यता ग्रहण कर ली है अनुपस्थित रहने के कारण शेष चार सदस्यों का शपथ ग्रहण आज होगा प्रोटेम स्पीकर जीतनराम मांझी नवनिर्वाचित विधायकों मोकामा से अनंत सिंह निर्मली से अनिरुद्ध प्रसाद यादव गोपालपुर से नरेंद्र कुमार नीरज और जीरादेई से विधायक अमरजीत कुशवाहा को शपथ दिलायेंगे राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में ठंड लगातार बढ़ रही है कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान में सामान्य से दो से तीन डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गयी है गया छह दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा वहीं पटना का न्यूनतम तापमान दस डिग्री सेल्सियस जबकि भागलपुर का बारह दशमलव चार और पूर्णिया का बारह दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के अनुसार अगले अड़तालीस घंटों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आ सकती है प्रदेश में ध्रंध की सम्भावना बढ़ रही है गंगा के मैदानी क्षेत्र में कोहरा और घना हो सकता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की उनतीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह इकहत्तरवीं कड़ी होगी एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि जीवन यात्रा को प्रेरित करने वाली कई कहानियां और रोचक जानकारियां उन्हें पहले से ही मिली हैं प्रधानमंत्री ने लोगों से नमो ऐप माइ जीओवी पर अपने विचार साझा करने को कहा है एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर हिंदी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकार्ड कराए जा सकते हैं लोग एक नौ दो दो पर मिस कॉल कर एसएमएस के जरिए अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेज सकते हैं देशभर में लैंडलाईन से मोबाईल फोन पर कॉल करने के लिए ग्राहकों को एक जनवरी से नम्बर से पहले शून्य लगाना अनिवार्य होगा दूरसंचार नियामक संस्थान ट्राई के इस प्रस्ताव को सरकार ने स्वीकार कर लिया है दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कम्पनियों को यह निर्देश दिया है कि नम्बर डायल करने के समय लोगों को शून्य डायल करने के लिए आवश्यक रूप से जानकारी दी जाए बिहार लोक सेवा आयोग की पैंसठवीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा आज से शुरू हो रही है तीन दिनों की यह परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जा रही है पहली पाली सुबह साढ़े नौ से साढ़े बारह बजे तक जबकि दूसरी पाली अपराहन दो से पांच बजे तक होगी परीक्षार्थियों को परीक्षा के दौरान कोविड उन्नीस से जुड़े मानदंडों का पालन करना अनिवार्य होगा राज्य में स्मार्ट प्री पेड मीटर लगाने की योजना अब शहरों से शुरू होगी जिन क्षेत्रों में बिजली का नुकसान सबसे अधिक है वहां सबसे पहले मीटर लगाये जायेंगे बिजली विभाग के एक अधिकारी के अनुसार इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में मीटर लगेंगे सिख धर्म के संस्थापक गुरूनानक देव जी महाराज का पांच सौ इक्यावनवां प्रकाशोत्सव पटनासिटी स्थित तख्त श्रीहरिमंदिर साहिब में शुरू हो गया है पंज प्यारों के नेतृत्व में आज प्रभात फेरी निकाली गई है तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी रणजीत सिंह गौहर ए मस्कीन ने बताया कि प्रभात फेरी का समापन अट्ठाईस नवम्बर को होगा जबकि तीस नवम्बर को प्रकाशोत्सव का मुख्य समारोह मनाया जायेगा प्रदेश में आज देवोत्थान एकादशी पारम्परिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है इस अवसर पर लोग गंगा समेत विभिन्न नदियों में पवित्र स्नान कर रहे हैं साथ ही तुलसी के पौधे तथा गन्ने और शकरकंद जैसे कृषि उत्पादों की पूजा अर्चना की जा रही है यह दिन हरि प्रबोधिनी एकादशी के रूप में भी जाना जाता है खगड़िया जिले के अलौली थाना क्षेत्र के पीपरपांती गांव से पुलिस ने एक ईनामी नक्सली मनोज सदा को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार नक्सली के पास से एक देसी पिस्तौत और दस कारतूस बरामद किया गया है अररिया जिले के बैरगाछी आउट पोस्ट के पास पुलिस ने एक वाहन से निन्यावने कार्टन शराब बरामद किया है पुलिस ने वाहन चालक और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां सभी समाचार पत्रों ने कोरोना वैक्सीन पर प्रधानमंत्री के बयान की खबर को प्रमुखता दी है हिन्दुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हवाले से लिखा है टीके पर कई सवालों के जवाब अभी बाकी प्रभात खबर की सुर्खी है एक करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों को पहले चरण में वैक्सीन दैनिक जागरण ने तैंतालीस चीनी मोबाईल एप को बंद किये जाने की खबर को प्रमुखता दी है दैनिक भास्कर ने कोरोना के कारण टले विवाह समारोह पर खबर बनाते हये लिखा है दस दिनों में पचहत्तर हजार शादियां तीन हजार सात सौ पचास करोड़ रूपये का होगा करोबार आज अखबर ने सभी डीईओ और डीपीओ की सैलरी पर रोक को बड़ी खबर बनाया है

नये विधानसभा अध्यक्ष का आज होगा चुनाव